झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले आज विधानसभा सचिवालय की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलायी गई है धर्वा के नए विधानसभा भवन में कल से बजट सत्र आहत किया गया है इधर भाजपा र्न इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा है कि भाजपा में झारखंड विकास मोर्चा के विलय की सूचना और पार्टी द्वारा बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुनने संबंधी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई है जबकि इस बैठक में विधानसभा सचिवालय द्वारा भाजपा और झारखंड विकास मोर्चा को अलग दल मानकर इनके वरिष्ठ विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है विधानसभा सचिवालय द्वारा भाजपा की ओर से वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह और झारखंड विकास मोर्चा की ओर से प्रदीप यादव को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में सत्ता पक्ष के नेता के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संसदीय कार्यमंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावे भाजपा और आजसू समेत अन्य विधायकों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्तीस फरवरी को रजरप्पा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे रामगढ़ जिले में भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर उन्तीस फरवरी से एक मार्च तक राजरप्पा महोत्सव का आयोजन किया गया है रजरप्पा प्रोजेक्ट के सीसीएल स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे इस कार्यक्रम में झारखंड में पर्यटन का विकास और संभावनाएं तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि राज्य में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है

चीन से आए छह यात्रियों की जांच के बाद उन्हें अठाईस दिनों तक अपने घरों में पृथक देखभाल में रखा गया है ये सभी स्वस्थ हैं वुहान से आए झारखंड के चार लोगों को अगले चौदह दिनों तक अपने घर में रहने की सलाह दी गई है और स्वाास्थ्य जिला इकाई द्वारा प्रतिदिन उनकी निगरानी की जा रही है एंटी करप्षन ब्यूरो ने कल रांची और धनबाद नगर निगम के अलावा रांची रजिस्ट्री कार्यालय और डोरंडा थाना में एक साथ छापेमारी की एसीबी की टीम को नगर निगम और रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा थाने में अनियमितता बरतने की षिकायत मिली थी छापेमारी के दौरान नगर विकास विभाग और पुलिस के नोडल अफसर भी साथ थे एंटी करप्थन ब्यूरो ने देर शाम तक जांच जारी रहने की जानकारी दी है नगर निगम में एसीबी की टीम ने वाटर कनेक्षन नक्षा भवन शाखा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्व शाखा के कार्यों की भी जांच की

सजायाफता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जांच आज रिम्स में मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी इसके लिए रिम्स प्रबंधन ने आठ सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है जिसमें रिम्स के आठ विभागों के अध्यक्ष षामिल है लालू प्रसाद का ईलाज कर रहे डाक्टर उमेष प्रसाद ने रिम्स अधीक्षक से मेडिकल बोर्ड का गठन कर उन्हें एम्स भेजने का आग्रह करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद की किडनी का ईलाज कराना जरुरी है लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना तभी साकार होगी जब अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी उन्तीस प्रतिशत से बढ़कर पचास प्रतिशत हो जायेगी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने क्षेत्र स्तर पर ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बेहतर डेटा साझेदारी पर बल दिया है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में डेटा विश्लेषण का उपयोग करना चाहती है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनेक शाखाओं के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है

सरकार शीघ्र ही कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत करेगी हमारे संवाददाता से बातचीत में केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए इस योजना को स्कूली शिक्षा के साथ जोडने का निर्णय लिया है

सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले छह महीने से जारी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है रबी की भारी पैदावार के कारण मूल्य में कमी के अनुमान को देखते हुए किसानों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया

कांके में लॉ की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दो मार्च को सजा सुनायी जाएगी प्रधान न्यायाधीष नवनीत कुमार की अदालत ने इस मामले में ग्यारह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है इस मामले में बारह अभियुक्त थे जिसमें एक नाबालिग है विषेष अदालत में नाबालिग के मामले में सुनवाई की जाएगी मेलबर्न में आईसीसी ट्वेंटी ट्वेंटी महिला क्रिकेट विश्वकप में आज सुबह साढ़े नौ बजे भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा

भारत अॉस्ट्रेलिया और बंगलादेश को हराकर चार अंकों के साथ ग्रप ए में शीर्ष स्थान पर है ओडिसा में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में भारोत्तोलन में पचपन किलो में शिवाजी विश्वविद्यालय के संकेत महादेव सागर ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तैराकी में सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय की साध्वी धुरी ने पांच स्वर्ण पदक जीते पदकतालिका में सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय दस स्वर्ण चार रजत और छह कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर है और अब संक्षिप्त खबरें राष्ट्रपति डॉ रामनाथ कोविंद अठाईस फरवरी को झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रांची आने वाले हैं वे रांची के चेरी मनातु स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के साथ यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी करेंगे

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज सदर अस्पताल रांची में नवनिर्मित थैलेसिमिया सिकल सेल एनीमिया और हीमोफिलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया